मनोरंजन कर के विरोध में सिनेमाघरों की हड़ताल खत्म

मप्रस्थापना दिवस आज मध्यप्रदेश का स्थापना दिवस है

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी अपने ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा कि वे प्रदेशवासियों के योगदान को सलाम करते हैं स्थापना दिवस के मौके पर सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसके अंतर्गत सुबह नौ बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया साथ ही राष्ट्रगान हुआ इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल के रवीन्द्र भवन में संस्कृति विभाग द्वारा दो दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है पहले दिन उत्सव की शुरूआत पारम्परिक नृत्यों से होगी इसके बाद मध्यप्रदेश गान बांसुरी वादन और शास्त्रीय गायन होगा जबलपुर में भी स्थापना दिवस ध्रमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है मुख्य समारोह पंड़ित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में आयोजित किया गया उच्च न्यायालय के सिल्वर जुबली हाल में भी स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है गुना में आयोजित हुए स्थापना दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये सभी जिलों से उल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाए जाने की खबरें मिल रही हैं राजभवन ई आफिस राजभवन में ई आफिस व्यवस्था आज से लागू हो गई है अब कम्प्यूटर के माध्यम से यहां फाईलों का मूवमेंट होगा यहां के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ई आफिस व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जा चुका है

जिला कलेक्टर को जारी किये निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कारोबार व्यवसाय औद्योगिक उपकरण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दैनिक मजदूर हो या आकस्मिक श्रेणी का श्रमिक हो उसे मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिये वेतन सहित अवकाश दिया जाये पिंक सप्ताह विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए खण्डवा जिले में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है

हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया कि जिले की बड़ोद पुलिस ने कल मध्यप्रदेश राजस्थान सीमा पर चेकिंग के दौरान अवैध तलवारों का जखीरा पकड़ा है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश जाटव ने बताया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को द्र ष्टिगत रखते हुए विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की स्वीकृति के लिये राज्य स्तरीय श्रेणी कमेटी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जा रहे हैं

शेष प्रस्ताव विचारधीन है

फिल्म निर्माता फिल्में रिलीज़ करने के लिये तैयार हो गये हैं कल से प्रदेश के सभी मल्टिप्लेक्स सिनेप्लेक्स और थिएटर्स में फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी गौरतलब है कि पांच अक्टूबर से प्रदेश के सिनेमाघरों में फिल्मों का प्रदर्शन नहीं हो रहा था

हालांकि मध्यप्रदेश निर्वाचन कार्यालय इस चुनाव में प्रयास कर रहा है कि जिन मतदान केन्द्रों में निरंक मतदान अथवा कम मतदान हुआ था वहां पर अधिक से अधिक वोट डाले जायें पेश है एक रिपोर्ट मुरैना में सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक वहीं भिण्ड के दो विधानसभा क्षेत्रों के एक एक मतदान केन्द्रों पर कोई वोट नहीं डाला गया गुना अशोकनगर सागर छतरपुर सतना अन्रपुर डिंडोरी सिवनी बैतूल होशंगाबाद खरगोन उज्जैन के एक एक मतदान केन्द्रों में भी निरंक मतदान हआ द्रसरी और रीवा सीधी जिलों के दो दो बालाघाट रायसेन खंडवा और आगरमालवा जिले के दो दो मतदान केन्द्रों में मत नहीं डाले गये विदिशा जिले में चार राजगढ़ में तीन और सर्वाधिक दतिया जिले के क्ल छह मतदान केन्द्रों में वोट नहीं डाले गये निरंक अथवा कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चलाकर लोगों को अधिक वोट डालने के लिये प्रेरित किया जा रहा है

वे अब कुंभ आयोजनों में आम साधु संत की तरह ही शामिल हो सकेंगे

व्याख्यानमाला का आयोजन मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् के साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है व्याख्यान के अतिथि गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉ मुकुन्ददास महाराज और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन के निदेशक डॉ भगवतीलाल राजपुरोहित होंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रो रमेशचन्द पांडा करेंगे